राज्यसभा ने कल रात इसे पास किया लोकसभा इस पहले ही पारित कर चुकी है

विधेयक को प्रवर समिति के पास विचार के लिए भेजने का एआईएडीएमके वामपंथी दलों और अन्य सदस्यों का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया

उन्होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्य लक्षित लाभार्थियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है केंद्रीय मंत्री ने इस आरोप को गलत बताया कि यह विधेयक जल्द बाजी में लाया गया है उन्होंने कहा कि इसकी लम्बें समय से मांग की जा रही थी और सरकार उनके साथ न्याय करना चाहती थी

श्री थावर चंद गहलोत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आरक्षण से अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के मौजूदा कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया है उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान में जरूरी प्रावधानों के जरिये लाया गया है और चुनौतो दिये जाने पर उच्चतम न्यायालय इसे खारिज नहीं करेगा

बीजू जनता दल के प्रसन्ना आचार्य और जनता दल यूनाइटेड के आर सी पी सिंह ने विधेयक का समर्थन किया बहस में हस्तक्षेप करते हुए केन्द्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि संसद को संविधान में संशोधन का अधिकार है उन्होंन कहा कि विधेयक के तहत राज्यों को आरक्षण के वास्ते लाभार्थियों की आय की सीमा तय करने की छूट होगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरक्षण विधेयक पारित होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संविधान निर्माताओं और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि है जिन्होंने एक मजबूत और समावेशी भारत की परिकल्पना की थी

मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ से न्यायमूर्ति यूयू ललित के अलग होने के कारण पीठ का पुनर्गठन किया जाएगा

हालांकि उन्होंने कहा कि वे न्यायमूर्ति यूयू ललित को हटाने की मांग नहीं कर रहे हैं लेकिन न्यायमूर्ति ललित ने स्वयं सुनवाई से अलग होने का फैसला किया प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पीठ के अन्य सदस्य हैं न्यायमूर्ति एसए बोबडे एनवो रमन्ना और डीवाई चंद्रचूड़

शीष न्यायालय ने कहा कि इनमें से कुछ दस्तावेज संस्कृत अरबी उर्दू हिन्दी फारसी और गुरमुखी में हैं इसलिए इनका अनुवाद किए जाने की आवश्यकता है पीठ ने कहा कि इसके लिए अगर जरूरी हुआ तो सरकारी अनुवादकों की सेवाएं ली जा सकती हैं विभिन्न हिन्दू संगठन अयोध्या में विवादित स्थल पर राम मंदिर के जल्द निर्माण के लिए अध्यादेश लाने की मांग कर रहे हैं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

मुख्यमंत्री ने सरस्वती कूप में कराये गये विकास कार्यो का भी लोकार्पण किया

उन्होंने कहा वैदिक एवं पौराणिक काल से ही प्रयाग की धरती सम्पूर्ण विश्व को निरन्तर एक प्रेरणा प्रदान करती आयी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज के कुंभ में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्वालु आते हैं श्री योगी ने कहा कि इस बार का कुंभ अपनी उपलब्धियों के लिये जाना जायेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि क्भ के मेला क्षेत्र में एक लाख बाईस हजार पर्यावरण के अनुकूल शौचालय बनाने का जो कार्य किया जा रहा है वह स्वच्छता के अभियान में एक नई गति प्रदान करेगा मुख्यमंत्री ने कुंभ मेला क्षेत्र में मीडिया सेन्टर का भी उद्घाटन किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कुंभ को भारत की अध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करने वाला समागम कहा जा सकता है उन्होंने कहा कि कुंभ देश और दुनियाभर से सम्मिलित होने वाले पर्यटकों जिज्ञासुओं तथा श्रद्धालुओं के लिये प्रेरणादायक होगा

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि भव्य दिव्य और सुरक्षित कुंभ से उत्तर प्रदेश विश्व के मानचित्र में विशेष स्थान अर्जित करेगा

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा है कि उनका मंत्रालय विश्व में हिन्दी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए निरन्तर काम कर रहा है विश्व हिन्दी दिवस पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने हिन्दी को लोकप्रिय बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं उन्होंने छात्रों को हिन्दी पढ़ाये जाने और इसे बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय हिन्दी संस्थान की सराहना की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी विश्व हिन्दी दिवस पर आज प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी है उन्होंने कहा कि विश्व हिन्दी दिवस का उद्देश्य पूरी दुनिया में हिन्दी के प्रचार प्रसार के लिये अनुकूल वातावरण तैयार करना है जिससे इस भाषा को अतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पहचान मिल सके प्रयागराज में होने वाले कुंभ में इस बार नेत्र कुंभ का आयोजन भी किया जा रहा है इस नेत्र कुंभ में ग्रामीण एवं निर्धन परिवार के लोग के लिए निःशुल्क आंखों की जांच और चश्मे की व्यवस्था की गई है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने नेत्र कुंभ में निःशुल्क नेत्र रोग के इलाज के लिये बनी एम्बुलेंस को कल लखनऊ से हरी झंडी दिखा कर रवाना किया